सागर जिले के बीना का सौर संयंत्र भी शामिल

चौदह पुराने फुट ओवरब्रिज हटाये गये तो वहीं सात रोड ओवर ब्रिज का काम पूरा किया गया एक परियोजना रेल पटरी के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से जुड़ी है

इनमें सागर जिले के बीना स्थित सोलर पावर प्लांट भी शामिल है

गौरतलब है कि लॉकडाउन के शुरुआती चरणों में यात्री ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद था

खण्डवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आज एक बैठक में सर्दी जुकाम बुखार वाले मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिये

इसके अलावा उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार मुहैया कराने एवं कृषि विकास कार्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में चर्चा की श्री कुलस्ते ने वर्षाजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय रहने एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

आजीविका मिशन प्रगति क्या है विकास क्या है अगर इनकी सच्ची परिभाषा जाननी है तो आप मिल सकते हैं अनूपपुर ज़िले के ग्राम कनईटोला विकासखंड कोतमा की निवासी हेमलता सिंह से

आज हेमलता अपने गाँव की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई हैं आर्थिक रूप से सशक्त हो वे द्रसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका निभा रही हैं

मौसम अब खबर मौसम की पिछले चौबीस घण्टों के दौरान रीवा सागर शहडोल उज्जैन होशंगाबाद और भोपाल संभागों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली देवास जिले के सोनकच्छ में बारिश से कालीसिन्ध नदी उफान पर आ गई खण्डवा जिले में भी कल कुछ स्थानों पर वर्षा हुई शिवपुरी और छिंदवाड़ा जिलो में दो दिन से रुक रुककर बारिश का दौर जारी है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रीवा सिंगरौली सीधी छतरपुर टीकमगढ़ अशोकनगर शिवपुरी दतिया और बैतूल में भारी बारिश की संभावना जताई है